बाद में मुख्यमंत्री पुलिस मैदान में इन्वैसटर्स मीट की तैयारियों का जायजा भी लेंगे इस बीच मुख्यमंत्री ने कल शिमला में एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स मीट का शुभारंभ करेंगे जबकि गृह मंत्री अमित शाह समापन अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे शपथ धर्मशाला व पच्छाद उपच्नाव में भाजपा के नवनिर्वाचित सदस्य विशाल नैहरिया और रीना कश्यप आज शिमला में शपथ ग्रहण करेंगे विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल विधानसभा सचिवालय में दोनों नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी मौजूद रहेंगे उपच्नाव में धर्मशाला से विशाल नैहरिया और पच्छाद से रीना कश्यप ने जीत हासिल की थी अभियान पर्यावरण विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग राजधानी शिमला और पर्यटन नगरी मनाली में आज से हॉर्न नॉट ओके अभियान शुरू कर रहा है विभाग के निदेशक डीसी राणा ने बताया है कि अभियान के तहत स्कूली विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा के दौरान ध्वनि प्रदूषण के दृष्प्रभावों की जानकारी दी जाएगी

बरागटा मुख्य सचेतक नरेन्द्र बरागटा ने बच्चों के शारीरिक मानसिक और बौद्विक विकास के लिए सांस्कृतिक व खेलकृद गतिविधियों के आयोजन पर बल दिया है

बरागटा ने कहा कि सरस्वती नगर में सिंथैटिक ट्रैक और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य शुरू किया जा चुका है उन्होंने बाद में जन समस्याएं भी सुनीं और संबंधित अधिकारियों को इनके निपटारे के निर्देश दिए मौसम जनजातीय जिला लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर करीब एक फुट तक ताजा हिमपात हुआ है जिससे रोहतांग दर्रा वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हो गया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि ने बताया है कि कुंजम दर्रे पर अधिक बर्फबारी के चलते ग्राम्फू काजा मार्ग भी बंद है जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर लोगों को रोहतांग दर्रा पार न करने की सलाह दी है

एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने इनवेस्टर मीट पर मुख्यमंत्री के बयान को प्रमुखता दी है

दैनिक जागरण की सुर्खी है औद्योगिक क्षेत्रों को रेल से जोड़ने का करेंगे प्रयास दिव्य हिमाचल ने लिखा है खानापूर्ति करती रही कांग्रेस हम असल में लाएंगे निवेश

अजीत समाचार का कहना है हिमाचल में निवेश हेतु अच्छा माहौल बर्फबारी से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने सुर्खी दी है रोहतांग दर्रा में आधा फुट ताजा हिमपात थमी वाहनों की रफतार दिव्य हिमाचल ने भारी बर्फबारी से रोहतांग बंद शीर्षक से लिखा है दर्रे पर आधा फुट हिमपात मनाली लेह मार्ग पर थमी रफतार कई जगह फंसे वाहन दैनिक भास्कर का कहना है रोहतांग दर्रे पर आधा फुट बर्फ वाहनों की आवाजाही थमी

दिव्य हिमाचल ने खबर दी है इस बार हिमाचल अगले साल जे एंड के में इन्वेस्टर मीट

अब गैर हिमाचली भी बन सकेंगे स्कूल लैक्चरर दैनिक जागरण की एक खबर है

प्रदेश के मंदिर न्यासों व शराब पर लगे सैस से प्राप्त हुई आयोग को राशि